रोजाना होने वाली जांचों की संख्या में बढोतरी हुई है वहीं क्वारेन्टीन नियमों का भी सख्ती से पालन करवाया जा रहा है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए अब तक किए गए सभी प्रयासों और उनके नतीजों का जिलेवार गहन अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं श्री गहलोत ने कल जयपुर में समीक्षा बैठक में कहा कि इससे हम भविष्य में इस बीमारी से लड़ने और संक्रमण बढ़ने की आशंका से निपटने के लिए बेहतर योजना बना सकेंगे

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताम कांत ने कल नई दिल्ली में यह घोषणा करते हुए कहा कि पारदर्शिता निजता और सुरक्षा आरंभ से ही आरोग्य सेतु के मुख्य सिद्धांत रहे हैं उन्होंने कहा कि विश्व में कहीं भी किसी भी सरकारी उत्पाद को इस हद तक ओपन सोर्स नहीं किया गया है गृह मंत्रालय ने इन खबरों का खंडन किया है कि राज्य सरकारों को सभी स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई है मंत्रालय के अनुसार देशभर में शिक्षा संस्थान खोलने पर प्रतिबंध अब भी जारी है शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए क्रियान्वित विभिन्न लक्ष्यों का समयबद्ध पालन करने के निर्देश दिए हैं श्री डोटासरा ने कल जयपुर में समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक वित्तीय योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यो की गहन समीक्षा की उन्होंने कहा कि लक्ष्य प्राप्ति में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी खाद्य और उपभोक्ता कार्यमंत्री रामविलास पासवान ने आज राज्यों से आग्रह किया कि राशन की दुकानों और खासतौर से क्वारेंटीन केंद्रों में वितरित किए जा रहे अनाज की गुणवत्ता पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए खराब गुणवत्ता के अनाज के वितरण की खबरों के मद्देनजर श्री पासवान का यह बयान आया है उन्होंने ट्वीटर पर कहा कि केंद्र भारतीय खाद्य निगम के जरिए राज्यों को ऐसा अनाज भेजता है जिसके गुणवत्ता मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाता

प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए उनके सुझाव मांगे है